राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद सेना के अस्पताल में ले जाया गया राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ अठहत्तर नए मामले सामने आए सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार एक सौ पचहत्तर हई

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का भागीदार बना रहेगा क्योंकि दोनों देश संयुक्त रूप से उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं इसके लिए बंगबंधु और लाखों बंगलादेशी देशभक्तों और हजारों भारतीयों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया बांग्लादेश के समाचार पत्र में आज प्रकाशित एक लेख में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक यादगार वर्ष में हम भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और अखोरा अगरतला रेल लिंक जैसी महत्वपूर्ण सम्पर्क परियोजनाओं के पूरा होने की आशा कर रहे हैं

भूमि और समुद्री सीमा मुद्दों जैसे समाधान में द्विपक्षीय संबंधों में विभिन्न उपलब्धियों को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक बार फिर वह समय है जब भारत बांग्लादेश भागीदारी बंगबंध् की साहसिक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हो सकता है

इसके साथ ही देश में मृतकों की संख्या एक लाख साठ हजार को पार कर गई है राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के नये मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के दो सौ अठहत्तर नए मामले सामने आए हैं वहीं सिर्फ रांची में एक सौ सत्तर मामलों की पुष्टि हुई है हाल के दिनों में संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार एक सौ पचहतर हो गई है इसी अवधि में बहतर संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या एक लाख उन्नीस हजार छह सौ अंठानबे हो गई है

अब तक बारह लाख सोलह हजार सात सौ पचास लोगों को टीके का पहला डोज दिया जा चुका है इनमें चार लाख दस हजार चार सौ सड़सठ स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं जबकि किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त पैतालीस से साठ वर्ष आय वर्ग के एक लाख पैतालीस हजार एक सौ आठ लोगों का वैक्सिनेशन हुआ है इसके अलावा साठ वर्ष से अधिक आयु के छह लाख इकसठ हजार एक सौ पचहतर लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आज सुबह सीने में तकलीफ महसूस होने के बाद सेना के अस्पताल में ले जाया गया नई दिल्ली स्थित सेना के आर एंड आर अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन में बताया गया है कि उन्हें निगरानी में रखा गया है और नियमित जांच की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के पुत्र से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली श्री मोदी ने राष्ट्रपति के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है दुमका जिले में पिछले तीन दिनों में कोरोना के ग्यारह नये मामले सामने आये हैं इसे देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है

टाउनहॉल में नगर निगम ने कार्यक्रम आयोजित कर लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया मौके पर उपायुक्त ने लाभुकों से आग्रह किया कि वे निर्माणस्थल पर भी जाएं ताकि कार्य की गुणवत्ता बनी रहे

संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर राष्ट्रव्यापी भारत बंद के तहत पलामू जिला में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा वाहनों को रोककर प्रदर्शन किया गया जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में छहमुहान और रेड़मा चौक को जाम रखा गया जिले में बंद का आंशिक असर देखने को मिला

इसी क्रम में आज रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा पतरातू प्रखंड अंतर्गत पतरातु लेक रिसोर्ट के समीप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों आदि के प्रति जागरूक किया गया

इसमें बदलाव करते हुए प्रशासन ने इस अवधि के दौरान रामगढ़ नगर परिषद एवं छावनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाली सभी प्रकार की शराब की दुकानें और अन्य उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर को खुला रखने का निर्देश दिया है खूंटी जिले के सुदूरवर्ती इलाका अड़की रनियां खुंटी मुरहु के पहाड़ी और जंगलों वाले इलाकों में शाम होते ही आग की लपटें दिखाई देने लगी हैं अड़की रनियां मुरह के इलाकों में आग लगने की सूचना मिलते ही खूंटी वन विभाग के पदाधिकारी ने संबंधित वनपाल और वन समितियों को आग बुझाने का दायित्व सौंप दिया है

मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया ग्मला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में धान के उठाव सीएमआर सुपूर्दगी आदि की समीक्षा बैठक आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई

आजादी का अमृत महोत्सव समारोह पर रामगढ़ में आयोजित पांच दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज निजी स्कूल के शिक्षक शिक्षिका के साथ छात्र छात्राओं ने अवलोकन किया

यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यू ज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध होगा सिमडेगा में तीन अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चौंपियनशिप के मद्देनजर तैयारी शुरू कर दी गई है उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज आयोजन स्थल में तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह उपस्थित थे उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल में दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चौंपियनशिप का आयोजन होगा राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चौंपियनशिप में हरियाणा के खिलाफ झारखंड की जीत पर उन्होंने ख्शी जताई उन्होंने कहा कि हॉकी के मामले में झारखंड और हरियाणा दोनों ही प्रदेश देश की शान हैं उन्होंने हॉकी में ओलंपिक तक पहुंचने की उम्मीद जताई पुणे में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में के राहल की शतकीय पारी के साथ भारत ने तीन सौ छत्तीस रनों का स्कोर बनाया वहीं भारत ने इंग्लैंड को जीत के लिए तीन सौ सैंतीस रनों का लक्ष्य दिया भारत की ओर से के राहुल ने एक सौ चौदह गेंद पर एक सौ आठ रन बनाये वहीं रिऋभ पंत ने सिर्फ चालीस गेंदों पर सतहत्तर रन बनाये विराट कोहली ने छियसठ रन बनाये संक्षिप्त खबर सिमडेगा के शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत दुकानें हटाए जाने पर फुटपाथ दुकानदार आज धरने पर बैठ गए फूटपाथ दुकानदारों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देते हुए उन्हें दुकानों के लिए जगह दी जाए